लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सत्रह सत्रह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोक जनशक्ति पार्टी छः सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी सम्मेलन में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान भी मौजूद थे श्री शाह ने कहा कि श्री पासवान को राज्यसभा के जरिए संसद भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा भी जल्द ही की जायेगी श्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले आम चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठित रूप से प्रयास किया जायेगा श्री रामविलास पासवान ने कहा कि सम्मानजनक सीटें मिलने से उन्हें खुशी है उन्होंने आश्वासन दिया कि तीनों दल एनडीए की जीत के लिए मिलकर काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के प्रस्तावित महागठबंधन की आलोचना करते हुए कहा है कि यह गठबंधन अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाये रखने के लिए किया जा रहा है उत्तरी और मध्य चेन्नई मदुरई तिरूविरापल्ली और तिरूवल्लुर के भारतीय जनता पार्टी के दूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को वीडियो काफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महागठबंधन अमीर घरानों का गठबंधन होगा और इसका उद्देश्य परिवार राज को स्थापित करना ही है श्री मोदी ने कहा कि यह वर्ष भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि नये भारत के निर्माण की दिशा में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि केन्द्र सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठा है सरकार ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और शौचालय दिये हैं किसानों के लिये भी सरकार की ओर से सहूलियतें दी जा रही हैं श्रीमती गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीमीत के पूरनपूर तहसील में एक सभा को सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फसल बीमा योजना किसानों के लिये लाभकारी साबित हुयी है मुद्रा योजना से भी छोटे कारोबारियों को काफी लाभ हुआ है उन्होने कहा कि उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों के घर में रोशनी आयी है श्रीमती गांधी ने क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया और जनता की समस्यायें सुर्नीं संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा है कि अगले महीने पन्द्रह जनवरी से शुरू होने वाला कुम्म मेला पहले के कुम्म मेलों से पूरी तरह अलग होगा आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह गर्व की बात है कि यूनेस्को ने कुम्म मेले को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले आयोजनों के मद्देनजर सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कानून व्यवस्था चुस्त दूरस्त रखने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के जिलाधिकारियों पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गिरजाघरों के नजदीक सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर नौ चीनी मिलों को वसूली पत्र जारी किया है बकाया राशि का भुगतान जल्दी सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद यह कारवाई की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समय से भुगतान करने के लिए प्रतिबद्व है और यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती आज प्रदेश भर में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस मौके पर राज्य के लगभग सभी जिलों में किसानों को सम्मानित करने के अलावा अन्य विविध कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह लखनऊ में विधानमण्डल भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार किसानों के उत्थान और उन्नयन के लिए संकल्पित है